राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी उत्पादों व मुर्गियों के परिवहन पर लगी रोक को एक सप्ताह तक बढ़ाया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

वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों स्वयं सेवी संगठनों पंचायतीराज संस्थाओं व स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों को जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने इस दौरान सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सड़क सुरक्षा अभियान पर साईकिल रैली व पब्लिसिटी वैन को भी रवाना किया इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाक्र ने प्रदेश में सड़क द्र्घटनाओं को कम करने के लिए लोक निर्माण व परिवहन विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया मुख्यमंत्री राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में हैलीपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके

जयराम ठाक्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कंगनीधार बददी और रामपुर हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य निष्पादन एंजेसी को सौंप दिया है जबकि शिमला और सासे हैलीपोर्ट का कार्य जल्द ही प्ररा हो जाएगा

उन्होंने ये भी कहा कि शिमला कांगड़ा और कुल्लू स्थित हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां बड़े हवाई जहाजों को उतरने की सुविधा मिल सके कुशलक्षेम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बिलासप्र के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता प्रोफेसर एनएल नड्डा का कुशलक्षेम प्रछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की इस मौके पर जगत प्रकाश नड्डा और उनकी धर्मपत्नी मलिका नड़डा भी उपस्थित रही

जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्च्अल माध्यम से बतौर मुख्यअतिथि शिकरत की इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता और बजट के अलावा भी प्रदेश को समय समय पर विभिन्न योजनाएं दी गई है

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रवासी पक्षियों के शीतकालीन आवासों पर सक्रिय निगरानी रखने और मृत पाये गये पक्षियों का प्रोटोकॉल के मुताबिक निपटान करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि ये निर्देश पोंग डैम वैटलैण्ड में मृत पक्षियों को एकित्रत करने और उनके निपटान के लिए दिए गए है पठानिया ने कहा कि ये कार्य क्षेत्र में मृत पक्षियों की दर शून्य होने तक जारी रखा जाएगा वीरेंद्र कवंर प्रदेश में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी उत्पादों व मुर्गियों के परिवहन पर अस्थाई रूप से लगाई गई रोक को एक सप्ताह तक और बढ़ा दिया गया है

उन्होंने कहा कुछ दिनों से बहारी राज्यों से मृत मुर्गियां प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फेंकी जा रही थी राज्य सरकार ने समय रहते इनके नमूने एकत्र किए और प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्हें नष्ट कर पूरे क्षेत्र को सेनेटाईज किया गया

ये दावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्वच्छ व ईमानदार छवि और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई है

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो चरणों में होने वाले चुनाव परिणामों में भी अधिकतर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे सुरेश कश्यप ने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कुलदीप सिंह राठौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण के परिणामों को भाजपा द्वारा अपने पक्ष में बताने को कोरा झूठ करार दिया है आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद के बड़े भाई पंच तक का चुनाव हार गये हैं जबकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है राठौर ने कहा कि निर्दलियों को अपना बताकर भाजपा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा धनबल के प्रलोभन से उन्हें अपने पक्ष मे ंकरने का पूरा प्रयास कर रही है